और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और पछुआ हवा के कारण ठंड में बढ़ोत्तरी

विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है श्री शाह ने कहा कि सरकार ने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया उन्होंने कहा कि पिछले सत्तर वर्षो के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों को अनदेखा किया गया जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद में कई ऐतिहासिक कानून पारित किए गए

जय पराजय के भी मायने है इसके लिए भी लड़ते हैं मगर सिर्फ जय पराजय के लिए हम नहीं लडते और जहां तक परिणामों का सवाल है मैं विल्कुल विनम्रता से स्वीकार करता हूं कि हम चुनाव हारे हैं और एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते दिल्ली में बैठकर बड़े स्प्रीट से ये सरकार ढंग से चले इसकी चिंता करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए लगातार कदम उठाये जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के उच्च स्तरीय समूह ने स्थिति की समीक्षा की इस दौरान नये वायरस कोविड नाइनटीन की स्थिति पर भी चर्चा की गयी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि इस वायरस से संक्रमित केरल के तीन लोगों की हालत स्थिर है

कोरोना वायरस से बचाव के लिए राज्य सरकार उच्च तकनीक वाले सौ इन्फ़ारेड थर्मामीटर खरीदेगी राज्य स्वास्थ्य समिति की स्टेट सर्विलांस अधिकारी डाक्टर रागिनी मिश्र ने बताया कि कोरोना वायरस की जांच के लिए थर्मामीटर की खरीद की जा रही है शिक्षा विभाग ने कहा है कि सत्रह फरवरी से आयोजित होने वाली मैट्रिक परीक्षा में वीक्षण कार्य नहीं करने वाले शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी और निलंबन की कार्रवाई होगी

इसके लिए परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है मूख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पच्चीस पच्चीस हजार रूपये की राशि सीधे छात्राओं के खाते में भेजी जायेगी उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने बताया कि पन्द्रह हजार नौ सौ चौवालीस छात्राओं के खाते में राशि दो दिनों के अंदर भेज दी जायेगी उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से मिले रिपोर्ट की जांच पूरी हो चुकी है निदेशक ने कहा कि अब तक बयालीस हजार छात्राओं के खाते में यह राशि भेजी जा चुकी है पटना के गौरीचक में भारत एयर फाइबर की शुरूआत हो गयी है केन्द्रीय संचार और सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे सुदूर ग्राम क्षेत्रों में हाईस्पीड इंटरनेट सेवा के साथ कई तकनीकी सुविधाएं मिलेगी गांधी सेतु के सामानांतर पुल का काम इसी महीने से शुरू हो जायेगा पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि इसके साथ ही शेरपुर दिघवारा के बीच छह लेन पुल का टेंडर भी जल्द ही निकाल दिया जायेगा उन्होंने कहा कि कन्हौली रामनगर सड़क को फोर लेन में बदलने के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है राज्य सरकार ने भविष्य निधि के खातों पर सात दशमलव नौ प्रतिशत ब्याज देगी वित्त विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के दौरान जनवरी से मार्च महीने तक की अवधि के लिए यह राशि दी जायेगी इसका निर्धारण केन्द्र सरकार के स्तर से निर्धारित दर के आधार पर किया गया है पश्चिमी विक्षोभ और पछ्आ हवा के कारण प्रदेश में ठंड बढ़ गयी है मौसम विभाग ने कहा है कि देश के पश्चिमी भाग में भारी बर्फवारी के कारण ठंड बढ़ी है मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा मार्च के बाद ही प्रदेश के मौसम में बदलाव होगा वहीं चिकित्सकों ने कहा है कि तापमान में अचानक हो रहा बदलाव लोगों के लिए खतरनाक है जिससे सावधान रहने की जरूरत है पटना जिले मे ईवीएम और वीवीपैट रखने के लिए गोदाम बनाया जा रहा है जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि इस गोदाम में छह हजार ईवीएम और इक्कीस हजार वीवीपैट रखे जा सकेंगे उन्होंने कहा कि यह गोदाम इसी महीने बनकर तैयार हो जायेगा वाणिज्यकर विभाग पुराने बकाये के निपटारे के लिए राज्य में पन्द्रह और सोलह फरवरी को एक सौ अड़तीस स्थानों पर शिविर लगायेगा विभागीय आय्क्त सह सचिव डॉक्टर प्रतिमा ने बताया कि समाधान योजना के अंतर्गत यह शिविर लगाया जा रहा है बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है इसमें इक्यावन उम्मीदवार सफल घोषित किये गये हैं आईआईटी पटना के छात्रों ने एक अत्यंत सस्ती हाईड्रोजन गैस सेंसर का विकास किया है इससे अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी समस्तीपूर जिले में विषाक्त भोजन करने से एक ही परिवार के सात लोग बीमार हो गये जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा है राज्य के जिला पर्षद और पंचायत समिति को भी पन्द्रहवीं वित्त आयोग की राशि दी जायेगी पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने बताया है कि राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं में तेजी लाने के लिए राशि दी जा रही है जिससे निर्धारित समय पर कार्य को पूरा कराया जा सके राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के करीबी चन्द्रिका राय जल्द ही जदयू में शामिल होंगे श्री राय ने आरोप लगाया कि उन्हें पार्टी में काफी प्रताड़ित किया गया है जिसके कारण उन्हें पार्टी छोड़ने पर विवश होना पड़ रहा है पश्चिम चंपारण जिले के मोतिहारी में अपराधियों ने एक फायनेंस कंपनी के कर्मचारियों से दस लाख रूपये लूट लिये पटना के गांधी मैदान थाना पुलिस ने एक मोबाईल दुकान से चोरी के एक सौ से अधिक मोबाईल बरामद किया है सहरसा और सुपौल तथा बनमनखी और बड़हरा कोठी के बीच पन्द्रह फरवरी से एक एक जोड़ी नयी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा

हिन्दुस्तान की सुर्खी है दल बतायें क्यों चुना दागी उम्मीदवार दैनिक जागरण लिखता है दागियों के दाग बुरे लगे तो पत्नियों को बनाया माननीय दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है केरल में बोतल बंद पानी अब बीस नहीं तेरह रूपये में ही मिलेंगे प्रभात खबर ने लिखा है नालंदा विश्वविद्यालय में साठ फीसदी छात्र विदेशी दैनिक आज ने चारा घोटाले में सुनवाई को बड़ी सुर्खी बनाया है

और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और पछुआ हवा के कारण ठंड में बढ़ोत्तरी